भारत की पीवी सिंध् ने बैडमिंटन वर्ल्ड ट्र फाइनल्स का खिताब जीता राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल जयपुर में पद की शपथ लेगें

अल्बर्ट हॉल पर पहली बार किसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होगें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया एक दिन के उत्तर प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले रायबरेली गए जहां उन्होंने मॉडर्न कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् आज नई दिल्ली में वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगे भारत में महिलाओं की अनुकरणीय गाथाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें पहचान दिलाने के उददेश्य से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है इस वर्ष का विषय महिलाएं और उद्यमिता है श्री नायड् समारोह में उन्नत महिला उद्यमिता पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे ये पोर्टल न सिर्फ देश में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन लाने के प्रयास करेगा बल्कि भविष्य में उभरती हुई महिला उद्यमियों के लिए एकल संसाधन केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय कल राष्ट्र को समर्पित किया श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेल क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है ये विश्वविद्यालय देश का पहला और रशिया तथा चाइना के बाद विश्व का तीसरा ऐसा रेलवे विश्वविद्यालय बन गया है इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट साकार हो चुका है

केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही स्वस्थ भारत यात्रा आज उदयपुर पहुंची

कृतज्ञ राष्ट्र इस लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान देने वाले रणबांक्रों को नमन कर रहा है इस लड़ाई में भारत की जीत और पाकिस्तान की करारी हार का परिणाम नये देश बंगलादेश के जन्म के रूप में सामने आया फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत के रणबांकुरों ने दुश्मन को कड़ी शिकस्त दी आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के कमाण्डर जनरल एएके नियाजी ने भारत के सामने आत्म समर्पण किया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र और मानवीय स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि राष्ट्र अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति कृ तज्ञ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से एक विशेष मैराथन दौड़ रवाना की मैराथन का आयोजन शहीद और घायल सैनिकों के सम्मान में किया गया

इससे होने वाली आय भारतीय सेना के कृ त्रिम अंग केंद्र को घायल सैनिकों के इलाज के लिए दी जाएगी

प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ हरिराम आचार्य का आज दोपहर एक बजे जयपूर में अंतिम संस्कार किया जाएगा कल शाम हृदय गति रूक जाने से उनका निधन हो गया था राष्ट्रपति पुरस्कार सहित अनेक प्रस्कारों से सम्मानित डॉ आचार्य का आकाशवाणी दूरदर्शन रंगमच तथा फिल्म जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तरी भारत में पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है

राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों में भी पारे में लगातार गिरावट जारी है

ओलम्पिक और विश्व चैम्पियनशिप की रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिन्धू ने बैडमिंटन वर्ल्ड ट्र फाइनल्स का खिताब जीत लिया है